मास्क लगायें दो गज की सुरक्षित दूरी बनाये रखें

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ राजस्थान और पुद्दुचेरी के मुख्यमंत्रियों से बातचीत की और इन राज्यों में कोरोना महामारी की दूसरी लहर से उत्पन्न स्थिति का आकलन किया उन्होंने स्थिति से निपटने में राज्य सरकारों की महामारी प्रबंधन रणनीति का भी जायजा लिया प्रधानमंत्री ने देश में कोविड की स्थिति और टीकाकरण कार्यक्रम का आकलन करने के लिए कल कैबिनेट सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नोएडा मेरठ सहित कई जिलों का दौरा कर कोरोना और टीकाकरण की स्थिति की समीक्षा की इस दौरान उन्होंने नोएडा में मीडिया प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा है कि देश में सबसे बड़ी आबादी होने के बावजूद प्रदेश पूरी मजबूती के साथ कोरोना महामारो के खिलाफ लड़ रहा है ट्रेस टेस्ट एवं ट्रीट अभियान के माध्यम से इस लड़ाई के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं

पूरे देश में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य है आज प्रदेश साढ़े चार करोड़ टेस्ट पूरे कर चुका है प्रतिदिन ढाई लाख टेस्ट किये जा रहे हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक जनपद में सरपल्स ऑक्सीजन पहुंचाने में सफल रही है

यह राशन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के अतिरिक्त होगा इसके अलावा स्ट्रीट वेंडर रिक्शा चालकों व अन्य कामगारों को भरण पोषण भत्ता दिया जायेगा

इस दौरान मुख्यमंत्री ने मीडिया प्रतिनिधियों के लिये संचालित विशेष टीकारण अभियान के लाभार्थियों को वैक्सोनेशन कार्ड वितरित किये इसके अलावा उन्होंने नोएडा के एनटीपीसी सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों को प्रदेश सरकार द्वारा कोविड संक्रमण और ब्लैक फंगस के नियंत्रण के लिये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में संचालित मिशन के विषय में अवगत कराया

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गौतमबुद्ध नगर के ग्राम छपरौली के प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण किया और स्वास्थ्य कर्मियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों से संवाद किया मुख्यमंत्री ने आज मेरठ का भी दौरा किया उन्होंने पुलिस कोविड हास्पिटल और कोविड कमांड सेन्टर का निरीक्षण किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश द दिये मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर बैठक की

इसके अलावा नगर पंचायतों के लिये सेक्टर अधिकारी नियुक्त किये गये हैं

नोडल अधिकारी जनपद की सभी निगरानी समितियों को सक्रिय करते हुए इनके द्वारा घर घर जाकर किये जा रहे स्क्रीनिंग कार्य का अनुश्रवण करेंगे नोडल अधिकारी यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि निगरानी समितियों के पास मेडिकल किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो और उसे लक्षण युक्त संदिग्ध व्यक्तियों को उपलब्ध करायी जाये

वरिष्ठ नोडल अधिकारी आरआरटी के कार्यों का अनुश्रवण भी करेंगे वे जनपद के सभी कोविड अस्पतालों में चिकित्सकों तथा चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता मरीजों के भोजन की व्यवस्था और अस्पतालों में स्वच्छता का पर्यवेक्षण भो करेंगे वह यह भी देखेंगे कि प्राइवेट अस्पतालों द्वारा निर्धारित दर पर ही इलाज किया जा रहा है या नहीं

राज्य सरकार ने कमजोर आयवर्ग के लोगों को तीन महीने का राशन और भत्ता देने का निर्णय किया है स्थानीय दुकानदारों और गरीब तबके को राहत देने के कदम के तौर पर राज्य सरकार ने कमजोर आयवर्ग के लोगों को एक हजार रुपए और तीन महीने का राशन देने का फैसला किया है सरकार के इस फैसले के करीब एक करोड़ लोगों को राहत मिलेगी

सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ

उन्होंने बताया कि प्रदेश में बड़ी संख्या में टेस्टिंग का कार्य निरंतर जारी है

प्रदेश में कोविड मरीजों के लिये ऑक्सीजन बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है

पदेश में नये मामलों के कम आने से ऑक्सीजन की मांग में कमी आई है मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश में नदियों में कुछ स्थानों पर शव बहाये जाने पर गृह विभाग को निर्देश दिया है उन्होंने कहा है कि प्रदेश में राज्य आपदा प्रबंधन बल एसडीआरएफ तथा पीएसी की जल पुलिस राज्य की सभी नदियों में पेट्रोलिंग करते हुए लोगों को नदी में शव न बहाने के लिए प्रेरित करें इसके साथ ही ग्राम विकास अधिकारी तथा ग्राम प्रधान एवं शहरों में अधिशाषी अधिकारी और नगर पालिका नगर पंचायत नगर निगम के अध्यक्षों क माध्यम से समितियां बनाकर यह सुनिश्चित करेंगे कि नदियों में शव को न प्रवाहित किया जाये मुख्यमंत्री ने कहा है कि जिनकी मृत्यु हुई है सम्मानजनक रूप से उनकी अंत्येष्ठो करायी जाये